नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में होगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी होंगे शामिल बीएसएफ के महानिदेशक केके शर्मा ने कहा है कि माओवाद के उन्मूलन में बीएसएफ बखूबी निभा रही है अपनी भूमिका

केंद्र अनुसूचित जाति जनजाति केन्द्र सरकार ने अपने सभी विभागों और राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण पर अमल जारी रखने को कहा है केन्द्र ने यह कदम उच्चतम न्यायालय के हाल के एक फैसले के बाद उठाया है केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने एक आदेश में कहा है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों विभागों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति को लागू करेंगे राज्य सरकारों को भी इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है मुख्यमंत्री नीति आयोग बैठक नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक कल सत्रह जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में होगी इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गर्वनर और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्य सचिव अजय सिंह भी शामिल होंगे डॉक्टर सिंह नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन सहित राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की जानकारी देंगे बैठक में पिछले वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा और भविष्य की विकास प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा बीएसएफ महानिदेशक दौरा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक केके शर्मा इन दिनों छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर हैं श्री शर्मा आज भिलाई में आयोजित सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने बीएसएफ के चार अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया

इससे पहले श्री शर्मा ने रायपुर में बीएसएफ के नए भवन का उद्घाटन भी किया श्री शर्मा अपने प्रवास के दौरान माओवाद प्रभावित कांकेर जिले का दौरा किया और जवानों का हौसला बढ़ाया उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की आठ बटालियन तैनात हैं सुपेबेड़ा मुख्यमंत्री गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से मृत ग्रामीणों के परिजनों को पचास पचास हजार रूपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल रायपुर में सुपेबेड़ा गांव से आए ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया मुख्यमंत्री ने गरियाबंद कलेक्टर श्याम धावड़े को फोन लगाकर ग्रामीणों की पेयजल समस्या के समाधान इलाज की समुचित व्यवस्था और निराश्रित महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने संचालक स्वास्थ्य रानू साहू को भी किडनी की बीमारी से पीड़ित ग्रामीणों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने निर्देशित किया स्मार्ट कार्ड शिविर रायपुर जिले में डेढ़ लाख से अधिक नए स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए अट्ठारह जून से शिविर लगाए जाएंगे

स्मार्ट कार्ड बनाने की सुविधा पंचायत और वार्ड स्तर पर मिलेगी

करीब सत्रह करोड़ रूपये की लागत से इस स्टेडियम का कायाकल्प किया गया है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्टेडियम नए उभरते खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा यह देश का पहला स्टेडियम है जहां वेटलिफ्टिंग बॉक्सिंग टेबल टेनिस बैडमिंटन बास्केटबॉल वालीबॉल सहित विभिन्न खेलों की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों में हए सड़क हादसों पर गहरी चिंता जताई है उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इन हादसों से सबक लेकर हम सबको वाहन सावधानी से चलानी चाहिए वहीं सड़कों पर यातायात नियमों का भी गंभीरता से पालन करना चाहिए

उन्होंने कहा कि थोड़ी से सावधानी और यातायात नियमों का पालन कर हम सब हादसों को काफी हद तक कम कर सकते हैं

जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ल ने बताया कि ओरछा थाना क्षेत्र में रोड ओपनिंग के लिए निकले जवानों की टीम पर माओवादियों ने अबुझमाड़ के मंडाली के पास हमला कर दिया जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इस मुठभेड़ में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया

सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र में जगरगुंडा मार्ग पर मलेवागु के पास माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहंचाने के उद्देश्य से आईईडी विस्फोट किया

ईद उल फितर ईद उल फितर का त्योहार आज देशभर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर यह पर्व मनाया जाता है कल शाम से ही मुस्लिम बहुल इलाकों और मस्जिदों में विशेष सजावट की गई थी राजधानी में आज ईदगाह भांटा सहित विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई इसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी उसके बाद घरों में ईद की मीठी सेवईयां शीर खुरमे और पकवानों का दौर चल पड़ा लोगों ने एक दूसरे के घरों में जाकर ईद की बधाईयां दीं राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुस्लिम समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को ईद उल फितर के पवित्र पर्व की बधाई और श्भकामनाएं दी हैं जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में दंतेवाड़ा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल मित्र राज्य की अवधारणा विषय पर राजधानी रायपुर में कल राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा इसमें बच्चों के सर्वोत्तम हित में साझा रणनीति तैयार करने के बारे में विचार विमर्श होगा आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने बताया कि कार्यशाला में देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के ्अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है संक्षिप्त समाचार कोरबा जिले के करतला वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सकद्दकला में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई मुंगेली जिले में लालपुर पुलिस और क्राईम ब्रांच की टीम ने चवालीस किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है बलौदाबाजार जिले के सरसींवा से गांजा तस्करी के आरोप में तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है